गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति चार हफ्ते में अपनी सिफारिशें दे देगी उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित करने का भी निर्णय लिया है यह समिति अपने सुझाव प्रधानमंत्री को देगी इस बीच अलवर जिले के रामगढ़ में कथित पश् तस्कर की भीड़ की हिंसा में हुई मृत्यू के मामले की जांच के लिए पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम कल शाम अलवर पहुंची विर्शेष पुलिस महानिदेशक एन आर के रेड्डी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रारम्भिक जांच के बाद एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और तीन अन्य को लाईन हाजिर कर दिया गया है इस बीच गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को इस तरह की घटनाओं के बारे में परामर्श भेजा है केन्द्र सरकार ने दोहराया है कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं राज्यसभा में कल एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि उनके मंत्रालय का एक सोशल मीडिया केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है यह केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना देगा श्री राठौड़ ने कहा कि इसमें किसी व्यक्ति की निजता पर दखल देने का कोई प्रस्ताव नहीं है मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार ने खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन सिस्टम की शुरूआत की है उन्होंने कहा कि बिजली मित्र मोबाइल एप पर शिकायत करने के छह घंटे में किसानों के खराब ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे फिलहाल इस योजना की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झालावाड़ जिले से की जा रही है श्रीमती राजे कल झालावाड़ जिले के अकलेरा में लोगों से जनसंवाद कर रही थीं उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने की लंबी प्रक्रिया में किसानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरूआत की है धीरे धीरे इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा

जनसंवाद के दौरान बताया गया कि झालावाड़ जिला भारत में संभवतः पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गुर्दा रोगियों को डायलेसिस की सुविधा मिलेगी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिड़ावा सुनेल डग और अकलेरा में यह सुविधा जल्द ही शुरू होगी

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इस विधेयक में चैंक बांउस होने के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय को यह अधिकार देने का प्रावधान किया गया है कि वह शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए चैंक देने वाले व्यक्ति को आदेश दे सके केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पेश किया इस विधेयक से भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके महिलाओं से दुष्कर्मे की न्यूनतम सजा सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने का प्रावधान है इसके अनुसार बारह वर्ष से छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में बीस वर्ष की कैद या मृत्युदंड की सजा दी जा सकेगी